दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में आज चारों दोषियों को तीन मार्च की सुबह छह बजे फांसी देने के लिए नया फरमान किया जारी

झारखंड विकास मोर्चा का आज औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित समारोह में झारखंड विकास मोर्चा अध्यक्ष रहे बाबूलाल मरांडी को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के ब्रुगुलीकेरा में सात लोगों के नरसंहार की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर भाजपा सांसदों की ओर से जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपी गयी उन्होंने तस्वीरें देखी और जीवन में ऐसी नृशंस हत्या नहीं देखी उन्होंने कहा कि राज्य में यदि इसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति रही तो भाजपा कार्यकर्त्ता सड़क पर उतर कर तथा विधानसभा और संसद में भी संघर्ष करेंगे

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सभा को संबोधित किया झारखंड विकास मोर्चा से निष्कासित दो विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के झारखंड मामलों के प्रभारी आरपीएन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से सहमति मिलने के बाद झारखंड विकास मोर्चा के दोनों विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलायी गयी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने उद्योग संघों से अपील की है कि वे आर्थिक और व्यावसायिक नैतिकता का उल्लंघन और आर्थिक अपराध करने वाले व्यावसायियों को अलग थलग करें उपराष्ट्रपति आज जमषेदपुर के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने टाटा समूह की व्यावसायिक नैतिकता तथा सामुदायिक निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को व्यावसायिक नैतिक आदर्ष के ऊंचे मानदंड स्थापित करने चाहिए इस अवसर पर उन्होंने एक विषेष डाक टिकट तथा काफी टेबुल बुक का भी लोकार्पण किया झारखण्ड के युवाओं को सेना में भर्ती के लिये भारतीय सेना द्वारा पांच से अठ्ठारह अप्रैल तक रांची के बिरसा मुण्डा फूटबॉल स्टेडियम में आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया जा रहा है इस रैली में झारखण्ड के सभी जिलों के पुरूष अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे रैली में भाग लेने के लिये अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर बीस मार्च तक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करा सकते है

दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दृष्कर्म और हत्या मामले में आज चारों दोषियों को तीन मार्च की सुबह छह बजे फांसी देने के लिए नया फरमान जारी कर दिया है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने मौत की सजा प्राप्त दोषियों मुकेश सिंह पवन गुप्ता विनय शर्मा और अक्षय कुमार के खिलाफ मौत का नया फरमान जारी किया अदालत ने इस संबंध में निर्भया के माता पिता और दिल्ली सरकार के इस आशय के आवेदन की सुनवाई करते हुए यह फरमान जारी किया कृषि के क्षेत्र में रासायनिक खाद के ज्यादा उपयोग से मृदा में मौजूद पोषक तत्वों में होने वाली कमी दूर करने के मकसद से उन्नीस फरवरी दो हजार पंद्रह में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिषा में कदम बढ़ा चुकी है किसानों की खेतों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा रहा है

झारखंड में स्वयं सहायता समूह को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड की ओर से ई शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसी कम में नाबार्ड ने इलाहाबाद बैंक यूनाइटेड बैंक और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया इस एमओयू के तहत संयुक्त उद्यमिता समूह जेएलजी के सदस्य बगैर किसी गारंटी के बैंकों से लोन ले सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं

पलामू व्यवहार न्यायालय में आज दूसरे दिन भी करीब पांच सौ अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया लातेहार जिले के चंदवा थाना में बीती रात चोरों ने एक घर से तीन लाख रुपये के जेवर और हजार रुपये नगद की चोरी कर ली चंदवा थाना क्षेत्र के नावाटांड़ गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी